प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत कोरोना स्वस्थ प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है

श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनका पालन सुनिश्चित करना होगा मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क दो गज की दूरी पर जोर देते हुए दुकानों के पास सेनैटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये इन्दौर और उज्जैन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मालवांचल में अब स्थिति में सुधार हो रहा है और रोगियों की संख्या में कमी आई है

स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है

इंदौर जिले में भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है

कोरोना ग्वालियर ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आमने के साथ ही जागरूकता के प्रयास भी किये जा रहे हैं

परिवार में सगाई की रश्म में दिल्ली से आये एक संक्रमित से दूसरे लोगों को संक्रमण होने की सूचना है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कल मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी गई

पात्र परिवारों को संबल योजना में भी लाभान्वित किया गया है

मुख्यमंत्री ने श्रमसिद्धि अभियान में प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक को रोजगार उपलब्ध करवाने और जरूरत के मुताबिक नये जॉबकार्ड प्रदान करने को कहा

आज भी एक ट्रेन श्रमिकों को लेकर आने की संभावना है जम्मू के कटरा से आज दो ट्रेने श्रमिकों को लेकर रवाना होंगी जिनमें से एक दिल्ली कटनी शहडोल और अनूपपुर के रास्ते से गुजरेगी और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जायेगी वहीं एक अन्य ट्रेन कटरा से प्रदेश के अनूपपुर पहॅचेंगी रास्ते में ये ट्रेन ग्वालियर और सागर भी रूकेंगी

किसान पंजीयन प्रदेश के किसानों से मूंग और उडद की खरीदी के लिए कल चार जून से ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कार्य शुरू होगा

मौसम पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मौसम लगातार उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है कभी तेज गर्मी पड़ती है तो कभी बादल घिर आने से लोग गर्मी से राहत महसूस करने लगते हैं कल भोपाल में भी दिनभर बादल छाये रहे वहीं आज सुबह भी बाछल घिरे हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है प्रदेश के कई जिलों में भी इस तरह का मौसम बना हुआ है तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है

मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है

जिसमें स्वैच्छिक संगठनों और व्यापारियों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगवाये जा रहे हैं जिन्हें पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जा रहा है